केन्द्र सरकार ने मीडिया प्लेटफार्म के लिए जारी किये नये दिशा निर्देश कहा भ्रामक खबरों के प्रसार पर लगायी जानी चाहिए रोक गुमला में आईईडी विस्फोट में एक जवान गंभीर हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए लाया गया रांची लातेहार में एक उग्रवादी का समर्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार पुद्दच्चेरी के विकास के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी वे आज पुदुच्चेरी में तीस अरब रुपये मूल्य से अधिक की कई कल्याणकारी परियोजनाओं के अनावरण और शिलान्यास के बाद एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी

श्री मोदी ने कहा कि इस बंदरगाह से चेन्नई से सम्पर्क बेहतर होगा और पुद्वच्चेरी के उद्योगों को भी लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बारह हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई आधारभूत परियोजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने राज्य में पूर्ण हई कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित समर्पित किया इससे पहले श्री मोदी का कोयम्बदूर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा सत्र के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां प्ररी कर ली गयी है कोरोना संकमण को देखते हुए विशेष एहतियाती उपाय किये गये हैं कोरोना जांच के बगैर किसी को भी सदन के भीतर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अठाईस प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी मंत्रिमंडलीय सचिव एके सिंह ने प्रेसवार्ता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्य में प्रौढ़ लोगों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान के तहत एक दशमलव नौ शून्य करोड़ रूपये की की स्वीकृति सरकार ने दी है श्री सिंह ने बताया कि जमशेदप्र में महिला विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर कलपति समेत पांच पदों के सुजन की स्वीकृति दी गयी है

अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उदयोग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को अकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश को लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है अपने विचार और सुझाव कल तक दिए जा सकते हैं

केंद्र ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की नई दिल्ली में संचार और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा श्री प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मो को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर द्रुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मो के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की है वे आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री वल्लभ ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के महंगा होने का असर सबसे ज्यादा किसानों पर पड रहा है

मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम और विधायक दीपिका पांडेय सिंह भी मौजूद थे खूंटी जिले में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है अब तक आठ हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाये जा चुके हैं

घायल जवान को हेलीकॉप्टर के जरिये इलाज के लिए रांची लाया गया है राज्य के पुलिस महानिदेश नीरज सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की एक टीम आज केरागनी जंगल के आसपास नक्सलियों के विरूद्व सर्च अभियान चला रही थी इसी दौरान विस्फोट की यह घटना हई नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है लातेहार जिले में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सबजोनल कमांडर मोहन परहिया ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इस मौके पर पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी राजकुमार लकड़ा पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद एएसपी विपुल पांडेय सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे इस दौरान डीआईजी श्री लकड़ा ने समाज से भटके युवक युवतियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की राज्य सरकार पलामू जिले के चैनप्र प्रखंड अंतर्गत पूर्वडीहा गांव निवासी नौसैनिक सूरज कमार दूबे की मौत की उच्चस्तरीय जांच कराएगी आज मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पूर्वडीहा पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिजनों की मांग के अनुरूप जांच की अनुशंसा करने को तैयार हैं भाजपा किसान मोर्चा की एक बैठक आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हई बैठके में मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के अलावा प्रमंडल प्रभारी और जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि केन्द्र द्वारा लाये गये कृषि सुधार कानूनों की खूबियां जन जन तक पहुंचाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे ये खेल कल से दो मार्च तक चलेंगे इसका आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद तथा विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से किया है